बजट में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई घोषणाओं को किये जाने की उम्मीद है मुख्यमंत्री ने कल बजट को अंतिम रूप दिया

खाद्य और उपमोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि यह प्राधिकरण उपमोक्ता अधिकारों अनुचित व्यापार व्यवहारों और भ्रामक विज्ञापनों से जुडे मुद्दों का समाधान करेगा तथा नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिकी पर अंक्श के लिए जूर्माना लगायेगा

तीन दिन के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उदघाटन केन्द्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान करेंगे

इस सेमिनार में देश विदेश के प्रगतिशील किसान क्रियाशील दूध उत्पादक कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भाग लेंगे

जिला प्रशासन ने उर्स में आने वाले जायरीन के ठहरने के लिए कायड स्थित विश्राम स्थली पर व्यापक बंदोबस्त किए हैं जायरीन की सुविधा के लिए विशेष मोबाईल एप भी जारी किया जाएगा

आकाशवाणी जयपुर और वनस्थली विद्यापीठ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं ने मोरताल नृत्य बोरो नृत्य बीहू नृत्य और लोक गीत के अलावा असम की लोक कलाओं को जीवंत किया

अभियान के तहत कल ही जयपुर के इंस्ट्रिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में असम फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया इस फेस्टिवल में संस्थान के विद्याथियों द्वारा असम के विविध व्यंजन तैयार किये गए

श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किये हैं